उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्यापक विचार विश्व के अन्कूल होंगे इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होने चाहिए उन्होंने कहा कि विश्व आज एक नये व्यावसायिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है और युवाओं का देश भारत अपने नवाचारों से नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर सकता है सरकार छूट सरकार आज से अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट दे रही है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन स्निश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए थे

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का विनिर्माण कोयला उत्पादन खान और खनिज उत्पादन पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाले कारखानों को भी काम करने की अनुमति होगी

आज से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अन्सार प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियां श्रू हो रही हैं इनमें कृषि निर्माण दवा उपकरण सहित दैनिक जीवन की मूलभूत सेवाओं के साथ ही बढ़ई इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक सेवा को शुरू किया जा रहा है इंदौर भोपाल और उज्जैन को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में कार्यालय और उद्योग शुरू किए जा रहे हैं

ग्ना जिले में भी शर्तों के साथ क्छ क्षेत्रों में राहत मिलेगी

रायसेन में भी आज से कुछ राहत मिलेगी मुख्यमंत्री संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि कोरोना के विरूद्व लड़ाई के अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं लगातार पॉजीटिव केसेस की संख्या कम हो रही है बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इंदौर भोपाल में बीमारी नियंत्रित ह्ई है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमारी अर्थ व्यवस्था को तोड़ दिया है हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि हम फिर खड़े होंगे अर्थ व्यवस्था को स्धारने के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी म्ख्यमंत्री ने आग्रह किया कि गाइड लाइन अन्सार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य मजदूरी कार्य उदयोग पूरी सावधानी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हए चालू करें उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश को तीन हिस्सों में बाँटा गया है पहले संक्रमण म्क्त जिले इनमें गतिविधियाँ लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हूए पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चालू की जा सकेंगी दूसरे ऐसे जिले जिनके कुछ क्षेत्र संक्रमित है इनमें उन क्षेत्रों को छोड़कर शेष में गतिविधि की जा सकेगी तीसरी श्रेणी में इंदौर भोपाल एवं उज्जैन हैं जिन्हें इन गतिविधियों की छूट नहीं है

यह राशि सीधे उनके खातों में आ जाएगी म्ख्यमंत्री कल मंत्रालय में कृषि विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे

इसके कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि नए मरीजों की कॉन्ट्रेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है

उधर उज्जैन में चिकित्सा विभाग के स्टाफ की कोरोना वायरस की जांच की गई थी जिसमें समस्त स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हई है

इसमें प्रत्येक सदस्य को चार किलों गेहं एवं एक किलों चावल दिया जाएगा कलेक्टर संजय क्मार ने जिले की उचित मूल्य द्वकानों के समस्त विक्रेताओं को इसके आदेश जारी किए है

कोरोना पॉज़िटिव इस कैदी के भागने पर घटना को गम्भीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर एसपी ने गढ़ा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है वहीं ड्यूटी में लगे चार अन्य आरक्षक को भी निलंबित किया गया है

गौरतलब है इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के अमले पर पत्थरबाजी की घटना में गिरफ्तार आरोपी पर रास्का लगाया गया था और उसे सजा काटने जबलप्र केंद्रीय जेल भेजा गया था जहां जांच करने पर वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था

गांधी चौक स्थित कार्यक्रम में पाली थाना प्रभारी राजेश मिश्रा और एएसआई शशि दविवेदी ने मनमोहक राष्ट्रगीत की प्रस्तुति दी